राजस्थान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन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

च्रूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल और भाजपा के खेमाराम मेंघवाल ने अंतिम दिन अपने अपने नामांकन पत्र भरे

उधर भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा सीट के लिये भी आज नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गहमागहमी रही

प्रदेश में इन तीनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है

आज दिल्ली के हृदय और फेफडा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की

सभी जिलों में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में आदेश जारी किये गये है इस बीच आज झुंझुन् सांसद नरेन्द्र कुमार ने कोविड टीका केन्द्र का दौरा किया

जिला कलक्टर प्रयीष सामरिया ने बताया कि प्रशासन ने चिकित्सा विभाग के साथ रिव्यू बैठक में तैयारियों का जायजा लिया

आज सुबह पाली में साइकिल रैली और बारां में रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किया गया वहीं करौली बूंदी टोंक श्रीगंगागनर बांसवाड़ा बारां बीकानेर और झुंझुनूं में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है

चुरू में लोक कलाकारों ने शहर के प्रमुख स्थलों पर नृत्य और गीत पेश किए

आज आयोजित सैन्य समारोह में दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफीसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिीनेन्ट जनरल आलोक क्लेटर ने कर्नल होशियार सिंह स्मारक का अनावरण किया इस मौके पर कर्नल होशियार सिंह की पत्नी धन्नो देवी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे

जयपुर में दोपहर से शाम तक आसामान में धूल छाई रही और तेज हवाएं चली झूंझुनू सवाईमाघोपुर चूरू बूंदी सहित कई स्थानों पर धूलभरी हवाएं चलने से वाहन चालकों को परेशानी हुई इस बीच विभिन्न स्थानों पर तापमान बढ़ने से गर्मी का असर तेज हो गया है उदयपुर और सवाईमाधोपुर में आज दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई